उचचतम न्यायालय ने कहा कि वह क्छ समय इंतजार करेगी आज स्नवाई के दौरान केन्द्र ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि जम्म् कश्मीर की स्थिति में स्धार हो रहा है और धीरे धीरे प्रतिबंध हटाये जा रहे है कश्मीर टाईम्स की कार्यकारी संपादक अन्राधा भसीन ने मोबाइल इंटरनेट और लैडलाइन सेवाओं सहित सभी संचार माध्यमों को बहाल करने की मांग की है मख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश एस ए बोबडे व एस ए वज़ीर की पीठ ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि लैंडलाइन और ब्रोडबैंड कनैक्शन बहाल किये जा रहे है इसलिए इस याचिका पर अन्य सम्बधित मामलों पर स्नवाई की जायेगी न्यायालय ने इस याचिका की सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि भारत को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से म्क्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में राज्य सरकारों सहित सभी सम्बधित पक्षों से चर्चा की जायेगी और इसे एक विशाल जन अभियान बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम किया जायेगा

आज पर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पृणयतिथि है भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज नेता ने पिछलेसात इसी दिन अंतिम सांस ली थी उन्होंने तीन बार प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया

आकाशवाणी के संवाददाता ने बताया कि महान नेता की स्मृति में देश भर में कई समारोह आयोजित किये जा रहे है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दिवगंत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सदैव अटल स्मारक समाधि पर प्ष्पाजंलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी नई दि ल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री की पहली पृण्य तिथि पर आयोति प्रार्थना सभा में उन्हें श्रदवाजंलि दी केन्द्रीय अमित शाह डॉ हर्षवर्धन धमेन्द्र प्रधान और नेताओं ने भी उन्हे श्रद्वा सुमन अर्पित किये अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावरनेता थे अपने पीछे अमीन विरासत छोड़ गए है जो आगामी वर्षो तक याद रखी जायेगी उनकी विरासत में आर्थिक नीतियों बड़े पैमाने पर मूलभूत संरच्ना के विकास बारे परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास शामिल है

भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा विधानसभा च्नाव म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अग्वाई में लड़ा जायेगा केन्द्रीय ग़हमंत्री एवं भारतीय जनता के अध्यक्ष शाह ने आज जींद में एक जनसभा को सम्बोधित करते हये ये घोषणा की उन्होंने कहा कि हरियाणा में जातिवाद खत्म हो च्का है अब नौकरियां और विकास बिना भेदभाव हो रहा है श्रीशाह ने तबादलों में पारदर्शिता लाकर लोगों को राह देने के लिए लिंग अन्पात में स्धार और ऑनलाइन तबादला नीति के लिए प्रंशसा की केन्द्रीय ग़हमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अखंड भारत का सपना देखा था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उसे पूरा किया

अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के विकास का रोड़ा अब हट गया है अब पूरा क्षेत्र विकास के रास्ते पर चलेगा और आतंकवाद से म्क्ति मिलेगी उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ का पद सुजित करने की घोषणा का स्वागत करते हए कहा कि इससे तीनों सेना मिलकर वज्र की तरह कार्य करेगी और द्श्मनों को सबक सिखायेंगी डीसीपी विक्रम कपूर आत्महत्या मामले में आरोपी इंस्पैक्टर अब्द्रल शाहिद को आज पुलिस के विशेष जांच दल ने पेश किया

काबिलेगौर है कि प्रांरभिक जांच के बाद आरोपी को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया था मामले की जांच करे एसआईटी के सदस्य इंस्पैक्टर विमल राय ने बताया कि प्लिस रिमांड के दौरान इस मामले से सम्बधित सभी साक्ष्य ज्टाये जायेंगे

पंचकूला के अतिरिक्त उपाय्क्त उत्तम सिंह ने बताया कि पंचकूला जिला लिंगानुपात में प्रदेशभर में प्रथम स्थान पर है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हरियाणा में आरंभ किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में लिंगान्पात में बहत अधिक सुधार हआ है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कल वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में म्कदमे में उपस्थिति को समाप्त करने व मामले को ऑनलाइन निपटाने के लिए फरीदाबाद में पहला वर्च्अल कोर्ट श्रू करेगा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि यह वर्घ्अल कोर्ट पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटायेगा यह परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति के मार्गदर्शन में श्रू की जाएगी उन्होंने बताया कि न्यायाधीश इस परियोजना के तहत वर्च्अल कोर्ट में प्राप्त मामलों को स्क्रीन पर जुर्माना की स्वचालित गणना के साथ देख सकते है

इस अन्ठे शो में गीता के मूल सिद्वांतों को जीवंत करने के लिए फिल्म प्रकाश ध्वनि और पानी के संयोजन का उपयोग किया गया है